इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उ ायों का शालन करें

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कॉर रेट सेक्टर और कं नियां भी अ ने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी उन्होंने कहा कि केन्द्र का निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के निश्ल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें कोविड महामारी र केन्द्रित मन की बात की इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने कोरोना योदधाओं से बातचीत की

लेकिन ग्वालियर और जबल र से क्छ अच्छे संकेत मिले हैं

यद्यपि श्री तोमर पिछले क्छ दिनों से अस्वस्थ चल रहें हैं बावजूद इसके वे दिल्ली में रहकर अ नी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं शिव री में जिला चिकित्सालय में हेल डेस्क के संचालन हेत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तत्काल प्रभाव से इयूटी लगाई गयी है

होशंगाबाद जिले में वृद्धजन दिव्यांग और जरूरतमंदों को घर बैठे हर जरूरी सहायता हृंचाने के लिए अभियान प्रारंभ किया गया है न्ना में महेन्द्र भवन ओर नगर ालिका रिषद के प्रांगण में दो कोविड जांच केंद्र स्थापित किये गए है

जिससे यह सरकारी अस् ताल ऑक्सीजन के मामले में अब आत्मनिर्भर हो जायेगे

यहां जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया गया है और इसे सरकारी अस् ताल की सेंट्रल लाइन से भी जोड़ दिया गया है

टास्क फ़ोर्स ग़ह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज प्लिस म्ख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए बैठक में प्लिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी एवं अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे

इंदौर और भो ाल में कालाबाजारी करने वालों के विरुदध रासुका की कार्रवाई की जा रही है ग़ह मंत्री ने प्रदेश के कई अस्थतालों में चिकित्सकों के साथ अभद्रता के मामलों र चिंता व्यक्त की है उन्होंने उन अस्पतालों में फोर्स को तैनात करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए

जैन सम्दाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है खंडवा में समस्त जैन मंदिरों में प्रातकाल जारी व सीमित श्रद्धाल्ओं द्वारा नित्य नियम प्जा के साथ भगवान महावीर का अभिषेक कर कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए भगवान की शांतिधारा की गई

नमस्कार